महन्त नृत्य गोपालदास राममंदिर न्यास के अध्यक्ष चुने गये नृपेन्द्र मिश्रा मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख होंगे केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक किया एक भारत श्रेष्ठ भारत में आज सुनिये उत्तर प्रदेश के जोड़ीदार राज्य मेघालय की विशेषताओं के क्छ अंश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी श्री योगी कल विधानसभा में राज्यपाल के अमिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अन्तर्गत हई चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे श्री योगी ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है लेकिन उपद्रव करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पी एफ आई के लोग हैं श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है उन्होंने पूर्व की समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी की सरकारों पर मात्र कुछ लोगों और कुछ जिलों के लिए काम करने का आरोप लगाया मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सिर्फ पांच जिलों में ही बिजली आती थी लेकिन अब पूरे राज्य को पर्याप्त बिजली मिल रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार युवा कल्याण महिला कल्याण कृषि स्वास्थ्य कानून व्यवस्था शिक्षा जैसे समी क्षेत्रों में कार्य कर रही है श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में ढाई लाख से ज्यादा नियुक्तियां की हैं जिनमें समाज के कमजोर वर्गो अन्य पिछड़ा वर्गो तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उपयुक्त आरक्षण दिया गया है उन्होंने कहा कि इस वर्ष छप्पन लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है जिसमें अट्ठाइस लाख पिछड़े वर्ग के हैं

बैठक में फैसला लिया गया कि मंदिर निर्माण के बारे में निर्णय लेने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री न नरेन्द्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नपेंद्र मिश्रा होंगे बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को न्यास का अध्यक्ष और चंपत राय को महासचिव बनाया गया है पन्द्रह सदस्यीय न्यास का गठन नवंबर में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैंसले के अनुपालन में किया गया है

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष सहायता के लिए वहां के किसानों की बीमा किस्त का नबे प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करेगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में दस हजार नये किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना का फैसला किया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के डेढ़ लाख अवसर उपलब्ध होंगे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने डेयरी क्षेत्र से जुड़े पन्चानबे लाख किसानों को कर्ज की दर में ढाई प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि श्येत क्रांति को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के जरिए इस क्षेत्र में चालीस अरब रूपये से अधिक की धनराशि खर्च की जायेगी डेयरी किसानों को उनका इंटरेस्ट सबमेशन जो दो फीसदी सब्मिडी मिलती थी वो ढाई परसेंट करने का निर्णय हुआ

कल मुदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए क्राषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए गंमीरता से काम कर रही है श्री तोमर ने कहा कि दो हजार पन्द्रह में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू होने के बाद मिट्टी की उर्वरता में सुधार होने से फसलों का उत्पादन बढ़ा है इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना किसानों के लिए अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगी अमी तक जो लोग लोनी किसान होते थे उनका बीमा अनिवार्य था

लेकिन फिर भी राज्यों को किसानों को लगता था कि इस योजना को स्वैच्छिक किया जाना चाहिए तो आज मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्सरे चरण को मंजूरी दे दी है इसमें खूले में शौच से मूक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस चरण का कुल अनुमानित बजट बावन हजार चार सौ सन्तानबे करोड़ रुपये है देश की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस का परिचालन आज से शुरू हो रहा है यह रेलगाड़ी वाराणसी से प्रारम्भ होकर लखनऊ कानपुर झांसी बीना भोपाल और उज्जैन होते हए इंदौर तक जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सप्ताह अपने वाराणसी दौरे के दौरान काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झण्डी दिखाई थी यह रेलगाड़ी देश के तीन ज्योर्तिलिंग केन्द्रों वाराणसी उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी आई आर सी टी सी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अश्विनी श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन में सफर करने वाले श्रद्वालुओं के लिये ओंकारेश्वर के दर्शन के लिये विशेष पैकेज भी उपलब्व रहेंगे

इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई शिक्षण नवाचार प्रदर्शनी का अवलोकन किया राज्यपाल ने नवाचार के विभिन्न माध्यमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसके माध्यम से शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया वह कक्षाओं में जाकर छात्राओं से मिली और उनसे पढ़ाई के बारे में बातचीत की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में इंडिया टू थाउजैन्ड ट्वेंटी और हिन्दी भाषा में भारत दो हजार बीस वार्षिकी का विमोचन किया उन्होंने इस अवसर पर दोनों पुस्तकों के ई संस्करण भी जारी किए इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन पुस्तकों में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों और संगठनों की गतिविधियों तथा उपलब्धियों का उल्लेख है प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इन पुस्तकों का प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थी बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं सुचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव रवि मित्तल भी इस अवसर पर उपस्थित थे सुचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग दोनों वार्षिक पुस्तकों का संपादन और प्रकाशन करता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है अट्ठाइस फरवरी तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच सम्पर्क बढ़ाकर एकता की भावना को और दढ़ करना है इस अभियान के अंतर्गत हम आपको उत्तर प्रदेश के जोड़ीदार राज्य मेघालय की संस्कृति लोक कला रहन सहन खानपान और पर्यटन स्थलों से रूबरू करायेंगे मेघालय पूर्वोत्तर में हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक सुन्दर राज्य है इसकी राजधानी शिलांग है यहां की मुख्य भाषा गारो खासी और अंग्रेजी है मेघालय की उत्तरी और पूर्वी सीमा असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमा बांग्लादेश से मिलती हैं मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय यानी बादलों का घर मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग में खासी और जयांतिया पहाड़ियां है और यह एक विशाल पवारी बेत्र भी है इस इलाके में विस्तृत मैदान पहाड़ियां और नदी घांटियां हैं इस पठार के दक्षिण में गहरे खड़ तथा खड़ी बतानें हैं और पहाड़ी की ततहटी पर समतल भूमि की संकरी पट्टी बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है तकरीबन तीस लाख की आबादी वाले मेघालय में मुख्यतः खासी जयोतिया और गारो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं